मंत्रिमंडल पीएमजीएसवाई केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है आज नई दिल्ली में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस योजना के तहत आवासीय बस्तियों को ग्रामीण कृषि बाजारों माध्यमिक स्कूलों और अस्पतालों को जोड़ने का मार्ग प्रशस्त होगा इस योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में एक लाख पच्चीस हजार किलोमीटर लम्बी सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव है उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण कृषि बाजारों में आवाजाही सरल हो जाएगी तीसरे चरण के इस कार्य में अस्सी हजार दो सौ पचास करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है इसमें केंद्र सरकार का अंशदान तिरपन हजार आठ सौ करोड रूपये का होगा जबकि राज्यों को बाकी छब्बीस हजार चार सौ पचास करोड रूपये खर्च करने होंगे कैबिनेट आरपीएफ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे सुरक्षा बल को संगठित समूह ए श्रेणी प्रदान करते हुए इसके तहत मिलने वाले गैर वित्तीय लाभों के लिए मंजूरी दे दी है सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी देते हुए कहा कि बल के सभी पात्र अधिकारियों को लाभ मिलेगा शिक्षा नीति मसौदा केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे पर परामर्श कराने का अनुरोध किया है केंद्र ने कहा है कि सभी प्रदेश अपने यहां इस मसौदे पर विचार विमर्श कराएं और इकतीस जुलाई तक इस संबंध में सुझाव दें केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कल नई दिल्ली में एक कार्याशाला में यह बात कही

इस योजना के तहत किसानों को फसल की बोआई से लेकर कटाई के बीच होने वाले नुकसान पर बीमा सुरक्षा दी जाएगी इस योजना में किसानों को कम वर्षा या प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण खरीफ और रबी फसलों की बोआई ना होने पर बीमा का लाभ मिलेगा इसी तरह फसल कटाई के बाद खेत में सूखने के लिए छोड़े गए फसल की क्षति होने पर भी किसानों को बीमा का लाभ दिया जाएगा खड़ी फसल में सूखा बाढ़ कीट प्रकोप और अन्य प्राकृतिक कारणों से होने वाले नुकसान शामिल हैं योजना के लिए खरीफ फसलों में सिंचित और असिंचित मक्का सोयाबीन मूंगफली अरहर मूंग और उड़द को शामिल किया गया है इसी प्रकार रबी फसल में सिंचित और असिंचित गेहूं सरसो अलसी को शामिल किया गया है फसल का रकबा दस हेक्टेयर या उससे अधिक होने पर संबंधित बीमा इकाई में अधिसूचित किया जाएगा

इस फेरबदल के बाद कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे के पास संसदीय कार्य किसान कल्याण जैव प्रौद्योगिकी पशुधन विकास मछलीपालन जल संसाधन और आयाकट विभाग का प्रभार रहेगा श्री चौबे से विधि और विधायी विभाग का प्रभार लेकर अब इसे वन मंत्री मोहम्मद अकबर को स्थायी रूप से सौंप दिया गया है अभी तक वे इस विभाग का कामकाज अंतरिम रूप से संभाल रहे थे श्री अकबर के पास परिवहन आवास और पर्यावरण विभाग के प्रभार यथावत् रहेंगे योग आवासीय कक्षा प्रदेश के सभी जिलों में नियमित योगाभ्यास के लिए आवासीय कक्षाओं का संचालन किया जाएगा

बैठक की अध्यक्षता करते हुए समाज कल्याण मंत्री अनिला भेंडिया ने योग आयोग को योग संबंधी गतिविधियों के लिए सालभर का कैलेंडर बनाने के निर्देश दिए उन्होंने जिला स्तर पर योगाभ्यास कराने वाले प्रशिक्षकों की नियुक्ति और मानदेय तय करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया जल्द शुरू करने को कहा किसान उर्वरक केन्द्र सरकार किसानों को खेती के लिए सब्सिडी वाले उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए उर्वरक फैक्टरियों को काफी रियायतें दे रही है आज नई दिल्ली में उर्वरक सब्सिडी का फायदा सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचाने की योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा कि किसानों और खरीददारों को सब्सिडी वाले उर्वरकों की बिक्री खुदरा दुकानों पर लगे उपकरणों के जरिये की जाती है इस अवसर पर केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्यमंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि सरकार ने इस योजना के तहत सात लाख करोड़ रूपये लाभार्थियों को वितरित किए हैं टीकाकरण नए टीके प्रदेश में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में दो नए टीकों को शामिल किया गया है अब बच्चों को अन्य टीकों के साथ डायरिया से बचाने रोटा वायरस वैक्सीन पिलाया जाएगा वहीं टिटनेस और डिथ्थिरिया से बचाने टीडी वैक्सीन भी लगाया जाएगा प्रदेश के सभी जिलों में ये टीके लगने शुरू हो गए हैं दो नए टीकों को नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किए जाने के बाद अब बच्चों को ग्यारह जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सकेगा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कल अंबिकापुर में बच्चों को रोटा वायरस ड्राप पिलाकर इसकी शुरूआत की उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इन टीकों के बारे में माता पिता को बताएं जिससे कि बच्चे डायरिया टिटनेस और डिथ्थिरिया से सुरक्षित रहें बच्चों को रोटा वायरस टीके की पांच पांच बूंदें तीन बार पिलानी है इसकी तीन खुराक क्रमशः जन्म के छठवें दसवें और चौदहवें सप्ताह में देनी है टीडी वैक्सीन टिटनेस और डिथ्थिरिया से बचाव के लिए ये टीका गर्भवती महिलाओं और बच्चों को लगाया जाता है बच्चों को पहली बार यह टीका दस वर्ष की उम्र में और दूसरी बार पंद्रह वर्ष की उम्र में लगता है अपर मुख्य सचिव बैठक प्रदेश में शहरों के नजदीक करीब पंद्रह एकड़ क्षेत्र में सिटी फॉरेस्ट बनाने की योजना है राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के तहत दो अक्टूबर तक पौधे लगाने का काम पूरा हो जाएगा इस शहरी वन को महात्मा गांधी ऑक्सी टाउन के नाम से जाना जाएगा इसके लिए राज्य सरकार की सुराजी गांव योजना के तहत बनाए गए गौठानों चारागाहों और खाली पड़ी शासकीय जमीनों पर जनभागीदारी से सघन वृक्षारोपण किया जाएगा इस संबंध में अपर मुख्य सचिव आरपी मंडल ने आज रायपुर जिला कलेक्टोरेट में वन अधिकारियों की बैठक ली इस दौरान उन्होंने शहरी वन के निर्माण के लिए वृक्षारोपण के लिए उपलब्ध जमीनों की जानकारी भी प्राप्त की श्री मंडल ने कहा कि प्रत्येक गौठान में कम से कम चार सौ पौधे और हर चारागाह में कम से कम दो हजार पेड़ लगाए जाएं इसके अलावा नदी किनारे की खाली जमीनों पर भी वृक्षारोपण किया जाए उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण के बाद सभी पौधों की सुरक्षा और निगरानी की व्यवस्था भी की जानी चाहिए उन्होंने बताया कि वन विभाग द्वारा नवा रायपुर अटल नगर सहित पीएचक्यू कैम्पस आईआईएम ट्रिपल आईटी लॉ यूनिवर्सिटी सहित अन्य शैक्षणिक संस्थानों में इस बार सघन वृक्षारोपण किया जाएगा

यह जानकारी आयकर आयुक्त पीके दास ने आज रायपुर में एक पत्रकारवार्ता में दी उन्होंने बताया कि प्रदेश में पेन कार्डधारकों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है श्री दास ने बताया कि करदाता का योगदान मेरा भारत बने महान योजना के जरिये लोगों को आयकर भुगतान के विषय में जागरूक किया जाएगा इस संबंध में रायपुर में जल्द ही एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि सूचना तकनीकी के अधिक से अधिक इस्तेमाल के कारण अब आयकर भुगतान की प्रक्रिया पहले की तुलना में काफी सरल हो गई है लोगों को आयकर भुगतान की जानकारी देने के लिए स्कूल और कॉलेजों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे वहीं आयकर दिवस पर होने वाले कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को विभाग द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा

खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत ने रायपुर जिले के बकतरा और तिल्दा स्थित संग्रहण केन्द्रों और गोदामों का आकस्मिक निरीक्षण किया इस मौके पर उन्होंने संग्रहण केन्द्रों में धान की सुरक्षा के लिए किए गए इंतजामों का भी जायजा लिया गौरतलब है कि कुछ संग्रहण केन्द्रों पर बारिश से धान भीगने की शिकायत मिलने के बाद खाद्य मंत्री ने इसका संज्ञान लेते हुए कुछ धान संग्रहण केन्द्रों का निरीक्षण किया श्री भगत ने अधिकारियों से कहा कि जिन संग्रहण केन्द्रों पर धान को वर्षा से बचाने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है वहां तात्कालिक रूप से पॅलिथीन कवर का इस्तेमाल किया जाए साथ ही शेड के नीचे रखे धान को भी भीगने से रोकने की व्यवस्था की जाए